मुख्यमंत्री आज शिमला में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण सैमीनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बैंकों से चिन्हित क्षमता आधारित योजनाओं को वित्त पोषित कर निवेश ऋण में सुधार करने के अलावा अधिक ध्यान केन्द्रित करने को कहा ताकि किसानों की आय में बढौतरी हो सके

मारकंडा कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेश सरकार कृषि आयोग गठित करेगी इस पर सरकार में गंभीरता से विचार चल रहा है कृषि मंत्री आज शिमला में हिमाचल किसान यूनियन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मारकंडा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेकों कदम उठाए गए हैं उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान के मामले में सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है कृषि मंत्री ने किसानों को अपनी समस्याओं से सीधे सरकार को अवगत कराने को कहा ताकि उनका निपटारा किया जा सके इससे पूर्व किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगे मंत्री के सम्मुख रखीं सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं

सरवीण चौधरी आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेहलु के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर जनसमूह को संबोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए बच्चों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिएं उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने का भी आहवान किया विधानसभा आसाम विधानसभा के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों ने आज प्रदेश विधानसभा का दौरा कर यहां स्थापित देश की सर्वप्रथम ई विधान प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की इन अधिकारियों ने विधानसभा में कार्यरत ई विधान विंग के अधिकारियों व कर्मचारियों से ई विधान प्रणाली के बारे में जानकारी ली बाद में अधिकारियों के इस दल ने सदन का भी अवलोकन किया और ई विधान प्रणाली के संबंध में चर्चा की ई विधान प्रणाली से जुड़े अधिकारियों ने आसाम से आए तकनीकी अधिकारियों को इस प्रणाली के फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी सेमिनार बाल संरक्षण और बाल मज़दूरी तथा बच्चों के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने जैसे मुद्दों पर आज चंबा में सेमिनार का आयोजन किया गया इस सेमिनार में आशा वर्करों आंगनबाडी कार्यकर्ताओं अध्यापकों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा ऐसे मामलों के उपायों पर विचार हुआ

इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केन्द्रीय मंत्रियों विभिन्न राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से भेंट की और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमाार मुख्य सचिव बीके अग्रवाल डीजीपी एसआरमरढ़ी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी मौत नाहन कालाअंब हाईवे पर बीती रात एक मोटर साइकिल के सैनवाला के पास निर्माणाधीन पुलिया के डिवाइडर से टकरा जाने से आशीष नामक एक युवक की मौत हो गई डीएसपी बबीता राणा ने बताया कि ये दुर्घटना पुलिया के निर्माण के दौरान डिवाइडर के गलत तरीके से लगाए जाने के कारण हुई है